तीनों ही संकाय में छात्राओं का बेहतर प्रदर्षन रहा है जारी परीक्षा परिणाम में विज्ञान संकाय में हजारीबाग कला में सिमडेगा और वाणिज्य में लोहरदगा जिला टॉप रहा है विज्ञान संकाय में करीब उनसठ प्रतिषत कला संकाय में लगभग तिरासी और वाणिज्य संकाय में सतहत्तर प्रतिषत से अधिक परीक्षार्थी सफल रहे

राज्यभर में आज दस नये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार हजार आठ सौ अठ्ठाईस हो गयी है गुमला जिले में आज कोरोना संक्रमित पांच नये मरीजों की पहचान हुई इधर लोहरदगा जिले में भी पांच नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई पलामू सहित पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं हर दिन सैकड़ों लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं

जिसके बाद मेदिनीनगर शहर थाना में आज से आम लोगां का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है जबकि पुलिस लाइन के दो नंबर बैरक में रह रहे पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की सैंपल जांच के लिए लाया गया सभी संक्रमितों को दोपहर तक इलाज के लिए पीएमसीएच के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं जमषेदपुर के टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्त्ती एक कोरोना संक्रमित मरीज की आज इलाज के कम में मौत हो गयी राज्य के गृह और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लॉकडाउन के नियमों में अधिक कड़ाई करते हुए निर्देष दिया गया है कि बाहर से राज्य के अंदर आने वाले लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी राज्य सरकार के वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट झारखंड ट्रैवल डॉट एन आई सी डॉट इन में दर्ज करानी होगी इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से चौदह दिनों तक होम क्वोरेंटिन पर रहना होगा जामताड़ा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक और बचाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है

तीनों सेंटरों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है यहां इलाजरत मरीजों के लिए आवश्यक भोजन दवा एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाएगी साथ ही तीन पालियों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है मरीजों की प्रतिदिन जांच सभी केंद्रों की नियमित सफाई चिकित्सा संबंधी अन्य आकस्मिक सेवाओं की व्यवस्था व इन चयनित केंद्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है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 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से वीर शहीद सिदो कान्हो के वंशजों ने मुलाकात की मुख्यमंत्री से उन्होंने स्वर्गीय रामेश्वर मुर्म की मौत की सीबीआई जांच का आग्रह किया मुख्यमंत्री को वंशजों ने अवगत कराया कि यह सुनियोजित हत्या है श्री सोरेन ने घटना पर दुःख प्रकट करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी मांग पर विचार करेगी इस मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा सिदो कान्हो के वंशज रूपचंद मुर्मू मंडल मुर्मू और राजाराम मरांडी मौजूद थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ई मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गयी है

मामले को लेकर श्री सोरेन की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने राजधानी रांची के साइबर थाने में दो अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी है मामले की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए साइबर थाने की पुलिस और अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी जांच में जुट गई है आरंभिक अनुसंधान में साइबर सेल ई मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस पता लगाने में कामयाब हो गया है हालांकि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है वहीं धमकी भरे मेल के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कड़ी कर दी गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चअल सम्मेलन के समापन सत्र को आज रात साढे आठ बजे संबोधित करेंगे नॉर्वे की प्रधानमंत्री अरना सोलबर्ग और संयुक्तराष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस भी सत्र को संबोधित करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी निजी क्षेत्र नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो गये हैं हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है पेंगोंग सो झील के किनारे रक्षा मंत्री ने सैनिकों को सम्बोधित किया रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

श्री सोरेन गोड्डा के नगर परिषद क्षेत्र में एक परिवार को पुलिस प्रषासन द्वारा बलपूर्वक निकाले जाने के मामले में उपायुक्त को मामले का संज्ञान लेते हुए जांच तथा न्यायोचित कार्रवाई का निर्देष दिया है पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के वृदावनपुर गांव के रहने वाले सैतालीस वर्षीय एक व्यक्ति के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की सुचना पर मुख्यमंत्री ने जिले के उपायुक्त को तत्काल जरूरी मदद पहुंचाने का निर्देष दिया राज्य के विभिन्न जिलों में बालू और पत्थरों के अवैध उठाव और परिवहन के खिलाफ प्रषासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है पाकड़ में जिला टास्क फोर्स की टीम ने आज सुबह अवैध बालू और पत्थरों के परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर कई वाहनों को जब्त किया अनुमंडल पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में हिरणपुर अमड़ापाड़ा और पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर इन वाहनों को जब्त किया गया

राज्य में आगामी बीस और इक्कीस जुलाई को कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है जबकि अगले पांच दिनों तक विभिन्न इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विभिन्न जेलोंमें बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से लाभान्वित करने की दिशा में पॉलिसी का निर्माण करें ताकि उन्हें या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्राप्त हो सके श्री सोरेन आज रांची में राज्य सजा पुनरीक्षण बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न कारागार में बंद अनुसूचित जाति और जनजाति बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची तैयार करें ताकि राज्य सरकार उनके लिए कुछ कर सके

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्त्ती कराया गया है